प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश में माल परिवहन के लिए बनाये गये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ई डी एफ सी के न्यू भाउपुर न्यू खुर्जा खंड को कल वर्यअल माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया

इस गलियारे का ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर ग्जरता है इसके बनने से कानपुर दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर यात्री गाड़ियों की आवाजाही तेजी से हो सकेगी प्रयागराज स्थित परिचालन केन्द्र माल परिवहन गलियारे के लिए कमान केन्द्र के रूप में काम करेगा श्री मोदी ने राष्ट्र के विकास में संपर्क सुविधाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस रेल गलियारे को आजादी के बाद की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना बताया उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है उन्होंने कहा कि भारत तेजी के साथ एक बड़ी आर्थिक ताकत बनने की ओर बढ़ रहा है ऐसे में बेहतरीन संपर्क सेवाएं देश की प्राथमिकता हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछले छह सालों में सरकार देश में संपर्क सुविधाओं को आधुनिक बनाने में लगी हुई है

सैंकड़ों किलोमीटर लंबे इस रूट में कोयला खाने हैं थर्मल पावर प्लांट हैं औद्योभिक शहर हैं इनके लिए फ्रींडर मार्ग भी बनाये जा रहे हैं वहीं पश्चिमी डेडिकेटड फ्रेट कॉरिडोर महाराष्ट्र में वे एन टी गोव उत्तर प्रदेश के दादरी से जोड़ता है

इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर के इर्द गिर्द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर भी विकसित किये जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गलियारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत मददगार होगा इससे किसान रेलगाडियों के संचालन की सुविधा भी उपलब्ध होने से अन्य के साथ साथ किसानों को भी लाभ होगा

उद्योग हो व्यापार कारोबार हो किसान हो या फिर कन्ज्यूमर हर किसी को इनका लाम मिलने वाला है लुक्षियाना और वाराणसी का कपड़ा निर्माता हो या फिरोजपुर का किसान अलीगढ़ का ताला निर्माता हो या राजस्थान का संगमरमर कारोबार मलियाबाद का आम उत्पादक हो या कानपुर और आगरा का लेजर उद्योग भदौही का कालीन उद्योग हो या फिर फरीदाबाद की कार इंडस्ट्री हर किसी के लिए ये अक्सर ही अक्सर लेकर आया है श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र के विकास में संपर्क सुविधा का उतना ही महत्व है जितना शरीर में रीढ की हड्डी और धमनियों का होता है उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यह भावी पीढियों के लिए है मैं यहां एक और मानसिकता का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं जो अक्सर हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं यह मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्वर को देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है हमें याद रखना चाहिए कि ये इंफ्रास्ट्रक्वर ये संपति किसी नेता की किसी दल की किसी सरकार की नहीं है ये संपति देश की है ये संपति आपकी है देश के नागरिकों की है हमारे हर गरीब का हर करदाता का मध्यम वर्ग का समाज के हर वर्ग का इसके पसीना लगा हुआ है उसका पैसा लगा हुआ है इसको लगने वाली हर चोट देश के गरीब देश के सामान्य जन को चोट इसलिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार जताते हुए हमें अपने राष्ट्रीय दायित्वों को भी नहीं भूलना चाहिए प्रधानमंत्री ने केन्द्र सरकार की विमिन्न ढांचागत विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि रेलवे के बुनियादी ढांचे का विकास पिछली सरकारों की प्राथमिकता नहीं थी उनकी प्राथमिकता केवल चुनाव में फायदा लेने के लिए पैसेंजर रेलगाडियों की संख्या बढ़ाना था प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा केन्द्र सरकार ने स्थिति बदली है और अब लोगों को नई सुविधाए मिल रही हैं इस अवसर पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समर्पित माल दुलाई गलियारे से नए रास्ते खुलेंगे इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह नया गलियारा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है और इससे विकास के लिए नया माहौल बनेगा मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि रेलवे की नई निर्माण इकाइयों से राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को भी मदद मिलेगी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के प्रयागराज स्थित संचालन नियंत्रण केन्द्र का भी उदघाटन किया प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल भी वर्घुअल माध्यम से समारोह में शामिल हुई मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना के नये स्ट्रेन को देखते हए जांच लैब को उच्चीकृत करने तथा उनमें सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिये सक्रिय होकर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाये

उन्होंने लोगों को लगातार जागरूक करते रहने और सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के अनिवार्य उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि कोविड अस्पतालों में औषधियों मेडिकल उपकरण और आक्सीजन के बैकअप सहित उनकी पर्याप्त उपलब्धता रहे लोगों को विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा कोरोना के बारे में जागरूक किया जाये

मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने लखनऊ में माघ मेले की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि मेले में सभी कल्पवासियों की कोविड प्रोटोकॉल के तहत आरटीपीसीआर जांच अवश्य कराई जाये उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में सैनिटाइजेशन को कार्य को नियमित कराया जाये और श्रद्वालुओं के लिये आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं और ऐम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिये श्री तिवारी ने बताया कि माध मेला के लिये सत्रह विद्युत उपकेन्द्रों के सापेक्ष पांच विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष बारह उपकेन्द्रों पर कार्य प्रगति पर है प्रदेश के ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कल राजधानी लखनऊ में विमिन्न विद्युत वितरण उपकेन्द्रों का निरीक्षण किया बिजली मंत्री ने निर्देश दिया कि आगामी गर्मियों को देखते हए समुचित विद्यत आपूर्ति के लिये सभी आवश्यक व्यवस्थाए पूरी कर ली जाये जिससे लोगों को निर्बाधरूप से बिजली मिलती रहे उन्होंने कहा कि गर्मियों में ट्रिपिंग संबंधी कोई समस्या नहीं होनी चाहिये श्री शर्मा ने कहा कि राजधानी लखनऊ सहित अन्य स्थान पूरी तरह से ट्रिपिंग मुक्त होने चाहिये मीटरों की जम्मिंग और मीटरों के तेज चलने की शिकायतों पर उन्होंने अविलम्ब मीटर चेक कराने के भी निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि बकाया विद्युत बिलों के कारण बिजली काटने के बजाये लोगों के दरवाजे खटखटाकर विद्युत शुल्क वसूला जाना चाहिये उन्होंने कहा कि डिसकनेक्शन कोई विकल्प नहीं है प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है पिछले छत्तीस घंटों के दौरान कोरोना के एक हजार चौवालीस नये मामले सामने आये इस दौरान इससे ज्यादा एक हजार तीन सौ उन्हत्तर कोरोना रोगी ठीक हुए अब तक प्रदेश में पांच लाख इकसठ हजार दो सौ सत्तावन कोरोना रोगी ठीक हो चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस समय प्रदेश में कोरोना के सक्रिय रोगियों की संख्या घट कर चौदह हजार तीन सौ चौवालीस हो गई है राज्य में अब तक कुल दो करोड़ छत्तीस लाख चालीस हजार नौ सौ दो कोरोना के नमूनों की जांच की गई जिनमें से पांच लाख तिरासी हजार नौ सौ इकतालीस लोग संक्रमित पाये गये

जिला मुख्यालय पर स्थित सिद्वार्थ चौराहे बर्डपुर चौराहे आदि स्थानों पर भगवान बुद्व की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने भगवान बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु में पहुंच कर दीप प्रज्वलित कर कम्बल का वितरण किया